इधर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने प्रदेश में रेपिड टेस्ट नीति को मंजूरी दे दी है इस किट से कम समय में ज्यादा जांच की जा सकेगी चिकित्सा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि पिछले महीने ही किट को अनुमति के लिए आईसीएमआर भेजा गया था अब मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में मरीजों की जांच प्रकिया में तेजी आयेगी प्रदेश में कोरोना संकमण के तेजी से बढते मामलों को देखते हुए राज्य के विभिन्न जिलों में प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई सख्त कर दी है

जिले की जेल से कैदियों को अन्य जिलों में भेजा गया है तथा अच्छा आचरण करने वाले कैदियों को पैरोल पर रिहा करने की भी तैयारी की जा रही है वहीं बीकानेर के खाजूवाला में कोरोना संकमण की अफवाह फैलाने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया गया है श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर चार स्कूलों और पांच अस्पतालों को प्रशासन ने क्वारेंटीन सेन्टर बनाने के लिए अधिग्रहित किया है

परिवार के सदस्यों को घर पर ही आईसोलेशन पर रखा गया है जिले में सहकारी उपभोक्ता भण्डार की ओर से लोगों को उनके घर पर खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए तीन मोबाईल वेन की व्यवस्था की गई है झालावाड के जिला कारागृह में कैदियों में कोरोना से हुए तनाव को कम करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोहित किया गया इधर उदयपुर नगर निगम ने शहर से गूजरने वाले वाहनों को सैनेटाइज्ड करने के लिए व्हीकल्स सैनेटाइज सिस्टम तैयार किया है

राजस्थान के संघचालक डॉ रमेश अग्रवाल ने बताया कि आठ हजार से ज्यादा स्वयंसेवक भोजन सामग्री और राशन बांटने काढा पिलाने सैनेटाइजर और मास्क बनाकर बांटने तथा वृद्दजनों की देखभाल और यातायात संचालन में मदद के कार्य में लगे हुए है संघ की ओर से सवाईमानसिंह अस्पताल को भी पांच हजार मास्क दिये गए है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस आपदा से निपटने के लिए देशवासियों से सामूहिक प्रयास का आहवान किया था राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेश के लोगो से प्रधानमंत्री के आहवान पर सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करते हुए दीए और मोमबत्ती से रोशनी करते हुए सक्रिय भागीदारी निभाने को कहा है